वीडियो कान्फ्रॅस के जरिये दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अन्त में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों ने आज के विचार विमर्श के जरिये एक दूसरे के अनुमवों से बहुत कुछ सीखा है श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश विहार गुजरात पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में विशेष रूप से जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है

जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन दस राप्यों में ही हैं इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन दस राप्यों के एक साथ बैठकर के हम समीवा करें चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रेक्टिसेज है उन्होंने किस किस प्रकार के नये इनिशिएटिव लिये हैं वे सबके ध्यान में आए क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुमवों से काफी कुछ सीखने समझने को मिला है प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने नियंत्रण और निगरानी कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि यदि संक्रमण होने के बहत्तर घंटे के अन्दर पहचान कर ली जाए तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच का नेटवर्क बढ़ाने के अलावा आरोग्य सेतु एप से भी संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने संक्रमण पर नियंत्रण और निगरानी में मदद मिली है श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश आंध्रप्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र पंजाब बिहार गुजरात और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की राज्य सरकार ने सात जिलों में जिलाधिकारियों की सहायता के लिए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है यह अधिकारी राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं के क्शल प्रबंधन में जिलाधिकारियों को सहयोग करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार राज्य में कोविड बिस्तरों की संख्या भी बढायेगी विशेष सचिव स्तर के अधिकारी लखनऊ कानपुर वाराणसी प्रयागराज गोरखप्र बहराइच और बरेली जिलों में तैनात किये जायेंगे ये वो जिले हैं जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज कोविड नाइन्टीन से संक्रमित नये मामलों की संख्या पचपन हजार से नीचे चली गई इससे पहले चार दिन से रोजाना साठ हजार से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे कोविड से स्वस्थ होने की दर उन्हत्तर दशमलव आठ शून्य प्रतिशत हो गई है मृत्यु दर घटकर दो प्रतिशत से नीचे चली गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब देश में कोरोना से मृत्यु दर एक दशमलव नौ नौ प्रतिशत रह गई है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रखंला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है नई दिल्ली के सीताराम भरतीया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमर चंद बजाज ने स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया और बताया कि महामारी से बचने के लिए साफ सफाई कैसे रखी जाए जब तक हमारे पास उनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेबिसिन के रूप में न निकले तब तक हमें जो प्रीक्योशनरी मेजर्स है वो फोलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कूल बाहर न निकले कोशिरा करे कम से कम बाहर निकलना और जबकि निकलना भी पढ़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो तोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़ें रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें देश में कोविड नाइन्टीन की रिथति की निगरानी के लिए बनाये गये आरोग्य सेतु एप को अब तक पन्द्रह करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण यह दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला एप बन गया है सरकार के समर्थन से तैयार किये गये इस एप ने श्रू होने के तीन महीने के अन्दर ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और भक्तिभाव के साथ ध्मधाम से मनाया जा रहा है लोगों ने अपने घरों में झांकियां सजायी हैं जहां मध्य रात्रि को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जायेगा मथुरा में जन्माष्टमी पर विशेष उत्साह है आज भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि नंदगांव में जन्माष्टमी महोत्सव परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है लेकिन मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और वृन्दावन के ठाक्र बांके बिहारीजी मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में बुधवार को यह पर्व मनाया जायेगा इस वर्ष कोरोना संकट के चलते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के सभी मंदिरों में बाहर से आने वाले श्रद्वालुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है